ट्वीट संदेशों में श्री मोदी ने बताया कि भारत के विकास के प्रति सिख समुदाय का जोश देखकर वे बहत खुश हए प्रधानमंत्री ने कश्मीरी पंडितों के प्रतिनिधिमण्डल से भी विशेष बातचीत की उन्होंने भारत की प्रगति और प्रत्येक भारतीय के सशक्तिकरण के लिए उठाये जा रहे कदमों का पूरा समर्थन किया प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्हें दाउदी बोहरा समुदाय के लोगों के साथ भी समय बिताने का अवसर मिला और उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर उनसे बातचीत की इस अवसर पर बोहरा समुदाय के प्रतिनिधि मण्डल ने श्री मोदी का अभिनन्दन किया और पिछले वर्ष उनके समुदाय के एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए श्री मोदी के इंदौर दौरे को याद किया तथा सैयदना साहिब के साथ उनके जुड़ाव का जिक्र किया विस उपचुनाव झाबुआ विधानसभा उप चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही कांग्रेस में राजनीतिक सरगर्मिया बढ़ गई हैं कांग्रेस से टिकट के संभावित दावेदार पूर्व सांसद कांतिलाल भूरिया डॉक्टर विकांत भूरिया और जेवियर मेड़ा शामिल हैं उधर भाजपा में भी चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है झाबुआ सीट से विजयी रहे भाजपा के जी एस डामोर के इस्तीफे के बाद से यह सीट खाली हुई है

बाद में श्री डामोर भाजपा से लोकसभा के सांसद चुने गये आयुष्मान भारत आयुष्मान भारत मध्यप्रदेश निरामयम योजना के तहत कल बैतूल और धार जिले में स्वास्थ्य शिविर आर्योजित किया जाएगा शिविर में पात्र हितग्राहियों का स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार किया जायेगा शिविर के दौरान योजना के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी रेल सुविधा नवरात्रि में सतना जिले के मैहर में स्थित मॉ शारदा के दर्शनार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हए रेल प्रशासन ने अप और डाउन की चौतीस यात्री गाड़ियों का मैहर स्टेशन में दो मिनिट के लिए अंस्थाई स्टापेज का निर्णय लिया है

जिला कलेक्टर अनुग्रह पी ने कल राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए बताया कि जिले में अधिकांश पर्यटन स्थल घने जंगल और प्राकृतिक जल प्रपात वाले हैं जहा बरसात के मौसम में विशेष रौनक रहती है बारिश के बाद इन स्थलों पर सैलानियों के कारण चहल पहल बढ़ जाती है ट्ण्डा भरका खो भूरा खो भदइया कृण्ड सुल्तानगढ़ और पवा जलप्रपात हैं जो पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हैं ऐसे स्थानों का जीर्णोद्वार कराया जायेगा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

ट्वेंटी ट्वेंटी मैच भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और अंतिम ट्वेंटी ट्वेंटी मैच आज बैंगलुरू में खेला जाएगा मैच शाम सात बजे शुरु होगा आकाशवाणी से आंखों देखा हाल हिन्दी और अंग्रेजी में शाम साढ़े छह बजे से प्रसारित किया जाएगा पिछले रविवार को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में होने वाला मैच बारिश के कारण नहीं हो सका था वहीं मोहाली ट्वेंटी ट्वेंटी मैच भारत ने जीता था भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट श्रंखला अगले महीने की दो तारीख से शुरू होगी

प्रभावितों के लिए टीनशेड पाटी नाका में अस्थायी पुनर्वास केन्द्र बनाये गये

उन्होंने निर्देश दिये कि मेडीकल कालेज में छात्रों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा दी जाये